ज्यादातर राज्यों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह और बढ़ाने का अनुरोध किया सरकारी सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस अनुरोध पर विचार कर रही है बैठक में श्री मोदी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि जान है तो जहान है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक मजबूत रहेगा जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन बचाने पर जोर देना चाहिए और इसके लिए लॉकडाउन तथा परस्पर सुरक्षित दूरी बहुत महत्वपूर्ण है

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और इस माह में त्योहारों को देखते हुए किसी भी तरह की सामाजिक या धार्मिक सभा और रैलियों की अनुमति न दी जाए मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से कानून व्यवस्था शांति और लोक सद्भाव बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है प्रदेश सरकार ने राज्य में फेस कवर या मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं सोशल डिस्टेंसिंग न अपनाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी अपर मुख्य सचिव सूचना और गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता में बताया कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर को आवश्यक कर दिया गया है और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन से संबंधित फेक न्यूज या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने लोगों से घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से फेस कवर या मास्क लगाने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि मास्क न होने पर गमछा या अन्य कपड़ा इस्तेमाल किया जाना चाहिये

जौनपुर जिले में अब तक चार लोगों में कोरोना संक्रमण की पृष्टि हो चुकी है जिसके बाद जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कल जनपद के चार इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए यहां आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर अन्य सभी तरह के आवागमन पर रोक लगा दी है जिन चार स्थानों को कोरोना का हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया हैं उनमें तहसील बदलापुर के ब्लॉक बक्सा का देवरिया गांव और नगर पालिका के तीन इलाके फिरोसपुर लाल दरवाजा और बड़ी मस्जिद शामिल हैं इस बीच जिलाधिकारी ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिया है कि वे जुकाम खासी और बुखार की दवा खरीदने वाले लोगों का नाम पता और मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में दर्ज करें और इसकी सूची प्रतिदिन शाम को औषधि निरीक्षक के सामने प्रस्तुत करें उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश का पालन न करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं आजमगढ़ जिले में अब तक चार लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद से कुल एक सौ आठ नमूने जांच के लिए भेजे गए जिनमें से बानवे की रिपोर्ट निगेटिव आयी और चार लोग कोविड नाइन्टीन से संक्रमित पाए गए उन्होंने बताया कि अभी बारह लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है मऊ जिले से अट्ठासी व्यक्तियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए जिनमें से छियासी की रिपोर्ट निगेटिव आयी है जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने आज पत्रकारों से वार्ता में बताया कि कल पच्चीस अन्य लोगों के नमूने जांच के लिए मेजे गए हैं इस तरह कुल सत्ताईस लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है उन्होंने बताया कि कल नेपाल से आठ लोग जिले में आए थे जिन्हें क्वारंटीन केंद्र में रखा गया है इन सभी के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं

उन्होंने सड़कों पर निकले लोगों से पूछताछ की और उनके पास आदि की भी जांच की जिलाधिकारी ने जरूरतमंदों लोगों में सूखा अनाज वितरित करने के निर्देश दिए हैं